मतदाताओं के स्वागत के लिए केन्द्रों को दीपों फूलों और रंगोली से सजाया गया

प्रदेश में सक्रिय प्रकरण घटकर लगभग आठ हजार हुए

निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज जिला मुख्यालयों पर बनाए गए मतदान सामग्री वितरण केन्द्रों से मतदान दल सामग्री लेकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए

ये सभी कांग्रेस छोडकर भाजपा में आए थे जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें जौरा सुमावली मुरैना दिमनी अंबाह मेहगांव गोहद ग्वालियर ग्वालियर पूर्व डबरा भांडेर करैरा पोहरी बामोरी अशोकनगर मुंगावली सुरखी मलहरा अनूपपुर सांची ब्यावरा आगर हाटपिपल्या मांधाता नेपानगर बदनावर सांवेर और सुवासरा शामिल हैं

ऐसे में दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जोर लगा रही हैं

सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है अनुपपूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकतंत्र के महापर्व को गरिमामय पूर्ण से मनाने के लिए रंगोली दीपोत्सव तो कहीं पुष्पसज्जा के माध्यम से मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया है उधर ग्वालियर में भी मतदानकेन्द्रों पर महिलाओं द्वारा आकर्षक रंगोलियां बनाई गई हैं वहीं मतदाताओं के स्वागत की भी व्यवस्था की गई है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह से सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है वहीं गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर प्रलोभनों से मुक्त होकर अनिवार्य रूप से स्वविवेक से मतदान करने की अपील की है

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इसकी जानकारी दी गौरतलब है कि डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर कथित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था

वहीं राज्य में सकिय प्रकरणों की संख्या में भी कमी आ रही है यह घटकर आठ हजार के करीब पहुंच गये हैं

जन आंदोलन बॉक्सिंग कोच रोशन लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

मौसम शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है पिछले दो दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठण्डक घोल दी है

मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिन में सभी जिलों में तापमान गिरने की संभावना जताई है

उन्हें एयर एम्बूलेंस के जरिए मुंबई ले जाया गया है